संक्रमितों का आंकड़ा चौवन हजार पांच सौ आठ हुआ

प्रदेश में बाढ़ से स्थिति दिनप्रति दिन बिगड़ती जा रही है चौदह जिलों के एक सौ बारह प्रखंडों की एक हजार तैंतालीस पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं लगभग पचास लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार चार लाख से अधिक लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से सुरक्षित निकाला जा चुका है प्रभावित क्षेत्रों में लगभग एक हजार तीन सौ चालीस सामुदायिक रसोई घर संचालित किये जा रहे हैं जहां लगभग नौ लाख लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा साथ ही उन्नीस राहत शिविर भी संचालित किये जा रहे हैं बाढ़ से जुड़ी है अलग अलग घटनाओं में पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेरह लोगों की मौत हो गयी जबकि सोलह पशुओं की भी मौत हुई है बाढ़ प्रभावित जिलों में आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बागमती अधवारा समूह करेह और कमला बलान नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण सुरक्षा तटबंधों पर दबाव बना हुआ है बाईट जिले के बहेरी प्रखंड के रमौली गुजरौली पंचायत के साधोपुर में करेह नदी के तटबंध में लगातार रिसाव से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है मौके पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य जारी है लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं इधर कई मुख्य सड़कों पर पानी का बहाव होने से आवागमन प्रभावित हुआ है शहर के कई निचले इलाकों में बागमती नदी का पानी प्रवेश कर गया है जिससे आम जन जीवन प्रभावित हुआ है आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मणिकांत झा मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित हुआ है

जल संसाधन विभाग के अभियंता और प्रशासनिक अधिकारी कैम्प कर संवेदनशील स्थानों पर बाढ़ एवं कटाव निरोधात्मक कार्य मे जुटे हैं

वहीं जिले के जटमलपुर तीरा गांव के पास बागमती नदी का पानी मुख्य सड़क पर आ जाने से समस्तीपुर दरभंगा पथ पर भारी वाहनों का भी परिचालन बंद है आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार पूर्वी चम्पारण से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में बाढ़ की स्थिति अब भी गम्भीर बनी हुई है

जिले की अभी साढ़े छह लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार पश्चिम चम्पारण सीतामढ़ी और शिवहर में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है गोपालगंज जिले के सिधवलिया मांझा और बैकुंठपुर प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित हैं सारण और सीवान में भी बाढ़ की स्थति गम्भीर बनी हुई है दूसरी तरफ सुपौल जिले के पांच प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हुये हैं वहीं किशनगंज जिले में महानंदा और कनकई नदी में उफान के कारण चार प्रखंडों की आठ पंचायतें प्रभावित हैं खगड़िया जिले में कोसी बागमती करेह और गंगा नदी में उफान के कारण लगभग पचासी हजार की आबादी प्रभावित हुई है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार में हुई भारी बारिश के कारण इस साल नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गयी

उन्होंने लोगों से बाढ़ से जुड़ी जानकारियां विभाग के टोल फ्री नम्बर पर साझा करने की अपील की

प्रदेश की अधिकांश नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है हालांकि जलस्तर में स्थिरता और कमी की प्रवृति देखी जा रही है कोसी नदी बलतारा में खतरे के निशान से लगभग दो मीटर ऊपर है वहीं बसुआ और कुर्सेला में नदी के जलस्तर में कमी आयी है और यह लाल निशान के आस पास बना हुआ है बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में पश्चिम चम्पारण मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में गिरावट आ रही है जबकि खगड़िया में नदी का पानी बढ़ रहा है और यह लाल निशान से एक मीटर ऊपर है बागमती नदी के जलस्तर में दरभंगा के हायाघाट में वृद्धि हो रही है और अभी यह लाल निशान से दो मीटर ऊपर बना हुआ है वहीं सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के कमतौल में खतरे के निशान से अठासी सेंटीमीटर ऊपर है दूसरी तरफ कमला बलान नदी का जलस्तर झंझारपुर में बढ़ रहा है और यह लाल निशान से इकहत्तर सेंटीमीटर ऊपर है महानंदा और परमान नदी के जलस्तर में भी कमी आयी है आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा है कि दस अगस्त से पहले बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में छह छह हजार रूपये की सहायता राशि भेज दी जायेगी उन्होंने बताया कि अभी तक एक लाख बयालीस हजार एक सौ बानवे परिवारों के बैंक खातों में पचासी करोड़ बत्तीस लाख रूपये की राशि भेजी जा चुकी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि राज्य में मॉनसून अभी सक्रिय बना हुआ है जिस कारण लगातार बारिश हो रही है

दरभंगा दिल्ली और दरभंगा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन अप और डाउन में कल दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी वहीं कल दरभंगा से खुलने वाली दरभंगा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस दरभंगा के बदले समस्तीपुर से खुलेगी प्रदेश में एक दिन में दो हजार पांच सौ दो नये मामलों की पुष्टि के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौवन हजार पांच सौ आठ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में चौदह लोगों की मौत हुई है मृतकों की संख्या बढ़कर तीन सौ बारह हो गयी है वहीं पैंतीस हजार चार सौ तिहत्तर लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है स्वस्थ होने की दर पैंसठ प्रतिशत से अधिक है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि में कोरोना संक्रमण की प्रष्टि हुई है वे होम आईसोलेशन में चले गये हैं कटिहार के प्रधान डाकघर के एक कर्मचारी की कोविड उन्नीस की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डाकघर को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड संतावन हजार एक सौ अठारह नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बुलेटिन में बताया गया है कि संक्रमितों की संख्या सोलह लाख पंचानवे हजार नौ सौ अठासी हो गयी है एक दिन में छत्तीस हजार पांच सौ उनसठ रोगी स्वस्थ हुये हैं स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दस लाख चौरानवे हजार तीन सौ चौहत्तर हो गयी है वहीं इस महामारी से पिछले चौबीस घंटे में सात सौ चौंसठ लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर छत्तीस हजार पांच सौ बारह हो गयी है मृत्यु दर घटकर दो दशमलव एक पांच प्रतिशत रह गई है प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आज से सोलह दिनों का लॉकडाउन फिर से लागू हो गया है एक से सोलह अगस्त तक चलने वाले इस लॉकडाउन के तहत सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे राजनीतिक सामाजिक धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा सिनेमाघर मॉल जिम स्विमिंग पुल बंद रहेंगे सार्वजनिक बसें भी बंद रहेंगी दिशा निर्देश के अनुसार टैक्सी ऑटो रिक्शा सरकारी और निजी कार्यालय की गाड़ियों को प्रतिबंध से छूट दी गयी है फल सब्जी मांस मछली की बिक्री को सुबह छह बजे से ग्यारह बजे तक और शाम में तीन बजे से छह बजे तक ही अनुमति दी गयी है वहीं दवा किराना और द्रध के द्रकान सुबह छह बजे से रात दस बजे तक खुले रहेंगे

सरकारी और निजी कार्यालयों को पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गयी है केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में स्कूल बंद रहने के बावजूद बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता जारी रखने का फैसला किया है केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये भत्ता सभी पात्र बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के तहत मिलने वाले तैयार भोजन के बदले में दिया जाएगा उन्होंने कहा कि स्कूल दोबारा खुलने पर नियमित रूप से मध्यान्ह भोजन दिया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता यदि सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो राज्य सरकार इसकी सिफारिश करेगी एक निजी टीवी चैनल के साथ बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि फिल्म अभिनेता के पिता ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी है जिसकी जांच करना बिहार पुलिस का वैधानिक कर्तव्य और दायित्व है इस बीच बिहार पुलिस ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मुम्बई पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि इस मामले की जांच में तेजी लाने के लिए एक आईपीएस अधिकारी को मुम्बई भेजा जा रहा है जरूरत पड़ने पर महिला अधिकारी को भी भेजा जायेगा उन्होंने बताया कि मुम्बई पुलिस इस मामले में फारेंसिक रिपोर्ट समेत जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं करा रही है साथ ही पुलिस को जरूरी सुरक्षा और आवागमन के साधन भी उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं श्री पांडेय ने कहा कि मुम्बई पुलिस का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोई फैसला आने के बाद ही कागजात उपलब्ध कराये जायेंगे पूलिस महानिदेशक ने कहा कि इस मामले में बिहार पुलिस ने छह लोगों से पूछताछ की है उन बैंकों से भी कागजात जुटाये जा रहे हैं जहां फिल्म अभिनेता का बैंक अकाउंट था बकरीद का त्योहार आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्वा के साथ मनाया जा रहा है कोविड उन्नीस के चलते लोगों ने अपने घरों में ही ईद उल अजहा की नमाज अदा की एहतियात बरतते हुये लोग एक दूसरे को बकरीद की शुभकामनाएं दे रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनायें दी हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह का आज सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया वे पिछले कुछ महीने से बीमार थे राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमर सिंह के निधन पर गहरी संवेदना जतायी है और अब अंत में मूख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी

संक्रमितों का आंकड़ा चौवन हजार पांच सौ आठ हुआ